उन्होंने कहा कि शिमला कालका रेल की गति बढ़ाने के अलावा इसमें निशुल्क वाई फाई और बाबा भलकू संग्राहलय के लिए निशुल्क यात्रा सुविधा भी दी गई है पियूष गोयल ने ये आश्वासन आज उनसे भेंट करने गए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दिया मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेश में रेल विस्तार के मुद्दे के अलावा मौजूदा रेल लाईनों को सुदृढ़ करने पर भी विस्तृत चर्चा की श्रद्धाजंलि इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली के इंडिया गेट स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का दौरा किया और देश के शहीदों को श्रद्वाजंलि दी उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस स्मारक से देशवासियों में देश के प्रति लगाव देश भक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना सुदृढ़ होगी उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता के कारण ही शहीदों के सम्मान में ऐसा शानदार स्मारक बन पाया है मुख्यमंत्री ने स्माराक के दौरे के दौरान सैनिकों के बारे में लिखी गई जानकारियों में गहन रूचि दिखाई गोविंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत की शक्ति का एहसास पूरी दुनिया कर रही है गोविंद ठाकुर आज राजकीय महाविद्यालय कुल्लू के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतवासी को देश के सैन्य बलों पर गर्व है उन्होंने कहा कि भारतीय सेना हर चुनौती से निपटने और दुश्मनों को निस्तेनाबूत करने में पूरी तरह सक्षम है उन्होंने इस मौके पर मेधावी छात्रों को पुरस्कृत भी किया गोविंद ठाकुर ने कुल्लू के ही देवसदन में आज सौर मेले का भी शुभारम्भ किया कांग्रेस प्रदेश महिला कांग्रेस का राज्य स्तरीय सम्मेलन आज सोलन में आयोजित किया गया सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव कहा कि उम्मीदवारों को लेकर करवाये गए सर्वेक्षण में कोई महिला उम्मीदवार जीत की प्रबल दावेदार हुई तो पार्टी उसे टिकट देगी उन्होंने ये भी कहा कि महिलाएं किसी भी पार्टी की रीढ़ हैं और महिलाओं में कांग्रेस को लेकर भारी उत्साह है कांग्रेस के प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल ने इस मौके पर पार्टी से जुड़ी महिलाओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाते हुए पार्टी के लिए पूरी निष्ठा से काम करने को कहा

जानकारी के मुताबिक इन जवानों के खोज अभियान को और तेज किया गया तथा खोज अभियान में अतिरिक्त मशीने और लोगों को लगाया गया है

वीरेंद्र कश्यप भाजपा द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्र व्यापी कार्यक्रम अपना परिवार भाजपा परिवार के तहत आज शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद वीरेंद्र कश्यप ने सोलन ज़िला के बसाल गांव में अपने घर पर झंडा लगाया वीरेंद्र कश्यप ने इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट होने के लिए कहा ताकि प्रदेश की चारों सीटों पर फिर से कमल खिलाया जा सके मौसम प्रदेश के जनजातीय और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में दो दिनों से हो रही व्यापक बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में वर्षा से पूरा प्रदेश कड़ाके की ठण्ड की चपेट में है मौसम में ताजा बदलाव से प्रदेश में आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया जा रहा है बीती रात और आज दोपहर बाद तक राजधानी शिमला कुफरी नालदेरा चायल नारकंडा तथा किन्नौर लाहौल स्पिति कुल्लू और चंबा के पांगी व भरमौर में जोरदार बर्फबारी हुई जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है हालांकि राजधानी शिमला और ज़िले के ऊपरी क्षेत्रों के लिए दोपहर बाद से यातायात फिर बहाल कर दिया गया है बर्फबारी को देखते हुए आज शिमला और किन्नौर ज़िलों में सभी सरकारी तथा निजी शिक्षण संस्थान बंद रहे नमस्कार